उच्चतम न्यायालय ने मीटू अभियान के तहत आरोपो के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इंकार राज्य मानव अधिकार आयोग ने प्रदूषित पानी से बच्चों के बीमार होने और उपचार के अभाव में मौत के मामले में मांगा जवाब एशियाई चैम्पियन्स ट्राफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत का मुकाबला आज मलेशिया से होगा आयोग निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्ही एल कान्ता राव ने निर्देश दिये हैं कि विमान तल पर निजी विमानों और हेलीकॉप्टर के यात्रियों के सामान की विशेष जांच की जाए

उन्होंने कहा कि निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ मतदान कराने के लिये प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही निरन्तर जारी रखने को भी कहा गया है उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि निर्वाचन को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर विशेष निगाह रखने के भी निर्देश दिये गये हैं

उच्चतम न्यायालय इंकार उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा मी दू मूवमेंट अभियान के तहत लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर एफ आई आर दर्ज किए जाने की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया है प्रधान न्यायाधीश रजन गोगोई और न्यायाधीश एस के ँकौल की पीठ ने कल याचिकाकर्ता वकील से कहा कि इस याचिका पर सुनवाई सामान्य क्रम में होगी याचिका में एफ आई आर दर्ज कराने की मांग के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि खूले तौर पर ऐसे आरोप लगाने वाली महिलाओं को सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराई जाए विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयर्गीय ने कहा है कि समृद्ध मध्यप्रदेश अभियान को प्रदेश की जनता पूरे उत्साह के साथ भागीदारी कर रही है

किसी ने इसके लिए फोन लगाया तो किसी ने व्हाट्सएप या वेबसाइट पर अपना संदेश देकर सुझाव दर्ज कराया श्री विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश के अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में इस अभियान के लिए प्रदेश कार्यालय से रवाना किए गए डिजिटल रथों ने काम करना शुरू कर दिया है

इसके बाद वे इन्दौर में ही व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ एक बैठक में हिस्सा लेंगे

इस दौरान खलघाट और झाबुआ में वे चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगे

प्राप्त शिकायतों को नेशनल ग्रेवियेंस सर्विसेज पोर्टल पर भी दर्ज किया जा रहा है प्रत्येक जिले में कांटेक्ट सेन्टर के माध्यम से प्रति दिन मॉनीटरिंग की जा रही है शिकायतों को समय सीमा में उनका निराकरण किया जा रहा है राजनैतिक दलों द्वारा की जा रही शिकायतों के संधारण हेतु प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट का अलग से मॉड्यूल तैयार किया गया है इसके माध्यम से समस्त राजनैतिक दलों द्वारा की गई सभी प्रकार की शिकायतों के निराकरण की स्थिति उनके द्वारा वेबसाइट पर देखी जा सकती है प्राथमिकी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंदौर जिले में आचार संहिता के तहत सम्पत्ति विरूपण तथा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन ने सात प्रकरण दर्ज कराये हैं

रकम जब्त छतरपुर जिले में पूलिस ने जांच अभियान के तहत एक कार से भारी मात्रा में नकदी बरामद की हैं

इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जब्त की गई रकम को आयकर विभाग को सौप दिया गया है जब्त की गई रकम के बारे में एक कंपनी के अधिकारी ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश भंडारी को बताया कि वह इन रूपयों को बैंक में जमा करने के लिए ले जाया जा रहा था आयोग संज्ञान राज्य मानव अधिकार आयोग ने मंडला जिले के हीरापुर गांव में प्रदूषित पानी पीने के कारण लगभग एक दर्जन बच्चों के बीमार होने की घटना के ैसंबंध में कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग से में प्रतिवेदन मांगा है आयोग की ओर से यहां बताया गया कि हीरापुर में कुए का प्रदूषित पानी पीने के कारण एक बच्चे की मौत और एक दर्जन बच्चो को उल्टी दस्त की शिकायत पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर और वहां के मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी से दो सप्ताह में प्रतिवेदन पेश करने के लिए कहा है इसके अलावा आयोग ने दमोह जिले के बोतराई गांव में मिट्टी की खदान धसकने से चार बालकों के दबने के मामले में भी संज्ञान लिया है बताया जाता है कि चारों बच्चों को पथरिया स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया लेकिन सूचना मिलने पर भी अस्पताल के डॉक्टर अपने सरकारी आवास पर मरीजों को देखते रहे जिसके कारण उपचार के अभाव में दो बच्चों की मौत हो गई आयोग ने इस संबंध में दमोह जिले के कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से दो सप्ताह में प्रतिवेदन देने को कहा है

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं एशियाई हॉकी ओमान के मस्कट में एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला चौथे राउंड रॉबिन मैच में मलेशिया से होगा मैच भारतीय समयानुसार रात दस बजकर चालीस मिनट से खेला जाएगा

यह प्रतियोगिता में भारत की लगातार तीसरी जीत थी

इस चरण के अंतिम मैच में कल भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा

एक आडियो सीडी के जरिए मतदाता गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है

जिसमें साढ़े पांच हजार से अधिक शासकीय कर्मचारी हिस्सा लेंगे